राष्ट्र कल अपना सत्तरवां गणतंत्र दिवस मनायेगा

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दो हजार अठारह में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और केन्द्र की समीक्षा याचिका पर विचार करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बारे में समूचित निर्णय लिया जाएगा कल उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है हालांकि न्यायालय ने आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों पर इसे शाम सात बजे से प्रसारित किया जाएगा इसके बाद यह संबोधन अंग्रेजी में प्रसारित होगा दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के संबोधन के प्रसारण के बाद इसे द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया जाएगा आकाशवाणी पटना से मैथिली भाषा में राष्ट्रपति के संबोधन का अनुवाद रात साढ़े नौ बजे प्रसारित होगा जिसका रिले आकाशवाणी के सभी केन्द्र करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रपति का भाषण मूक बधिरों के लिए सुलभ कराने का फैसला किया है सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीडी भारती देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन कल शाम सात बजे से साढ़े सात बजे तक संकेत भाषा में प्रसारित करेगा डीडी न्यूज गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल संकेत भाषा में सुबह नौ बजे से प्रसारित करेगा

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन कल सूबह नौ बजे झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किये गये हैं राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है गांधी मैदान में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं झण्डोत्तोलन समारोह में आने वाले हरेक व्यक्ति को जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा महिलाओं की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है गांधी मैदान के आस पास की ऊंची इमारतों पर सुरक्षाबलों के जवानों की तैनाती की जायेगी गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन गश्त बढ़ा दी गयी है संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाबलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है

इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस वर्ष के आम चुनावों में बहुत से लोग पहली बार मतदाता बनेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता होना बड़े गर्व की बात है बाईट आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की ये परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक है एक गणराज्य के रूप में भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी क्षेत्र के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने पटना में आयोजित समारोह में मतदाताओं को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की शपथ दिलायी उन्होंने नये मतदाताओं के बीच मतदाता पहचान पत्र का भी वितरण किया मध्रबनी पेंटिंग की शिल्प ग्रुर के नाम से विख्यात गोदावरी दत्त को पदम्श्री प्रस्कार देने की घोषणा की गयी है नब्बे वर्षीय गोदावरी दत्त मध्रबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली हैं उनका जन्म वर्ष उन्नीस सौ तीस में दरभंगा के बहादुरपुर गांव में हुआ था उन्होंने पौराणिक कथा और धर्मिक विषयों पर अधिकतर चित्रण किया है जिसमें त्रिशुल धनुष और डमरू का मुख्यतः प्रयोग किया गया है वह देश के साथ साथ विदेशों में भी मध्रबनी शिल्प को स्थापित कर चुकी है उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के अलाव शिल्प गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है विभिन्न केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के आठ सौ पचपन पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदकों के लिए चुना गया है विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से चौहत्तर और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से छह सौ बत्तीस पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जायेगा सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार और सीआईडी के डीएसपी राकेश कुमार ब्रह्मचारी का नाम शामिल है वहीं उत्कृष्ट सेवा के लिए बिहार के पन्द्रह पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जायेगा आकाशवाणी पटना को पूर्व क्षेत्र के लिए वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के लिए द्वितीय राजभाषा पुरस्कार के लिए चयन किया गया है बैंक की श्रेणी में पटना स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम और पंजाब नैशनल बैंक के अंचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार कृष्णा सोबती का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे चौरानवें वर्ष की थीं उनकी प्रमुख कृतियों में जिंदगीनामा सूरजमुखी अंधेरे के दिलोदानिश ऐ लड़की समय सरगम मित्रो मरजानी जैसे उपन्यास शामिल हैं वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में उन्हें उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी प्रस्कार से अलंकृत किया गया राज्यपाल लालजी टंडन ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव मे एनडीए विकास के मुद्वों को लेकर जनता के बीच जायेगी श्री सिंह समस्तीपुर ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे देश का तीव्र गति से विकास हुआ है और केन्द्र सरकार का मुख्य उद्वेश्य सबका विकास व सबका साथ है उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे भाजपा गठबंधन की शानदार जीत होगी और एक बार फिर से केंद्र मे एनडीए की सरकार बनेंगी लोकसभा चूनाव के मद्देनजर आज मुंगेर पुलिस ने शामपुर थाना के ऋषिकूंड पहाड़ पर छापा मारकर दस मिनीगन फैक्ट्री पकड़ी एसपी गौरव मंगला ने बताया कि पूलिस ने इस मामले में तीन शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार किया है पूर्व सांसद लवली आनंद आज अपने बड़े पूत्र चेतन आनंद के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गयी कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी

धरना ओर प्रदर्शन के कारण पटना समस्तीपूर समस्तीपूर दरभंगा समेत एन एच अठाईस से गुजरने वाले सभी जिले के मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है

श्री कुमार आज पटना में मगध महिला कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए राशि की कोई कमी होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध करायी जायेगी

राष्ट्र कल अपना सत्तरवां गणतंत्र दिवस मनायेगा